प्रधानमंत्री ने कहा राष्ट्र हमेशा याद रखेगा शहीदों के बलिदान को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा बजट सत्र से पहले होगा प्रदेश मंत्रिमंडल का विस्तार केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा प्रदेश को उदार वित्तीय सहायता दे रहा है केंद्र प्रदेश कांग्रेस प्रभारी रजनी पाटिल ने केंद्र पर लगाया एससी एसटी आरक्षण खत्म करने के प्रयासों का आरोप

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट में इन बहादुर जवानों को याद करते हुए कहा कि राष्ट्र उनके बलिदान को हमेशा याद रखेगा मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भी ट्वीट कर शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी ऊना स्थित शहीद स्मारक पर भी आज श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया जहां उपायुक्त संदीप कुमार और जिला प्रशासन के अधिकारियों ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी मंडी में जिला रेडक्रॉस और हिमालयन ब्लड डोनर संस्था द्वारा इस मौके पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया सीएम मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि कांगड़ा जिले का समग्र विकास प्रदेश सरकार की प्राथमिकता है मुख्यमंत्री आज कांगड़ा जिला के तीन दिवसीय दौरे के अंतिम दिन इंदौरा विधानसभा के सूरजपुर में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे

मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार का अभी तक का कार्यकाल सुशासन विभिन्न क्षेत्रों में नवाचार और जन सेवाओं को समर्पित रहा है उन्होंने पालमपुर ज्वालामुखी जयसिंहपुर और ज्वाली विधानसभा क्षेत्रों में गौ अभ्यारण्य स्थापित करने के लिए दो दो करोड़ रुपए देने की घोषणा की मुख्यमंत्री इस बीच मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि विधानसभा के बजट सत्र से पहले मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाएगा नूरपुर में एक पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि पहले कुछ कारणों के चलते मंत्रिमंडल विस्तार नहीं हो पाया था लेकिन अब मंत्रिमंडल विस्तार और विधानसभा का नया अध्यक्ष चुना जाएगा

अनुराग केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि केंद्र सरकार हिमाचल सरकार को उदार वित्तीय सहायता दे रही है और यह मदद आगे भी जारी रहेगी अनुराग ठाकुर आज हमीरपुर जिले के बड़सर विधानसभा क्षेत्र की मोरसू पंचायत में भवन व सन्ननिर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के समारोह में बोल रहे थे उन्होंने इस मौके पर एक हजार पात्र व्यक्तियों को इंडक्शन हीटर और साइकिलें वितरित की अनुराग ठाकुर ने कहा कि ऊना तलवाड़ा रेललाईन का कार्य शीघ्र पूरा होगा इस रेल लाईन के लिए केंद्र एक सौ करोड़ रुपए की अतिरिक्त धनराशि जारी कर रही है उन्होंने यह कहा कि केंद्रीय बजट में हर वर्ग को राहत देने का प्रयास किया गया है

इससे प्रदेश में पेयजल से जुड़ी योजनाओं के कार्य में तेजी आएगी महेंद्र सिंह ठाकुर आज शिमला में पानी एवं स्वच्छता सहायता संगठन द्वारा जल जीवन मिशन के तहत आयोजित एक कार्यशाला की अध्यक्षता कर रहे थे

वित्तीय साक्षरता किन्नौर जिला मुख्यालय रिकांगपिओ में आज भारतीय रिजर्व बैंक और राज्य सहकारी बैंक द्वारा संयुक्त रूप से वित्तीय साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया आरबीआई शिमला से सहायक प्रबंधक नितिन कुमार ने कहा कि शिविर का उद्देश्य खासकर महिलाओं को बैंकों द्वारा दी जाने वाली ऋण सुविधाओं के बारे में जागरूक करना था उन्होंने कहा कि बैंकों द्वारा स्वयं सहायता समूहों को दी जा रही ऋण सुविधाओं से महिलाओं को आर्थिक रूप से सुदृढ़ बनाया जा सकता है शिविर में लोगों को ऑनलाइन बैंकिंग किसान क्रेडिट कार्ड आजीविका मिशन और अन्य योजनाओं की भी जानकारी दी गई

पहली उड़ान भुंतर तांदी भुंतर और दूसरी भुंतर स्टिंगरी भुंतर के बीच भरी जाएगी

रजनी पाटिल प्रदेश कांग्रेस ने केन्द्र सरकार पर अनुसूचित जाति व जनजाति के आरक्षण संबंधी अधिकारों को खत्म करने के प्रयासों का आरोप लगाया है प्रदेश कांग्रेस प्रभारी रजनी पाटिल ने आज शिमला में एक पत्रकार वार्ता में आरक्षण को मौलिक अधिकार नहीं मानने संबंधी उच्चतम न्यायालय के आदेश पर कहा कि केन्द्र सरकार अनुसूचित जाति व जनजाति के आरक्षण में विभिन्न जगहों पर भिन्न भिन्न पक्ष प्रस्तुत कर इस वर्ग के लोगों में भ्रम पैदा कर रही है उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार न्यायालय में अलग पक्ष रखती है जबकि चुनाव के समय वोट की राजनीति करते हुए अनुसूचित जाति व जनजाति के लोगों को आरक्षण खत्म नहीं करने का आश्वासन देती है उन्होंने सरकार से ये स्पष्ट करने को कहा है कि वह इस वर्ग के आरक्षण के पक्ष में है या विरोध में इस अवसर पर कांग्रेस की पूर्व सांसद सुषमिता देव प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर और विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री भी मौजूद रहे एक भारत श्रेष्ठ भारत इन्ट्रो केन्द्र सरकार एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के तहत पूरे देश को एकता के सूत्र में पिरोने का प्रयास कर रही है अनेक कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों को अलग अलग राज्यों की संस्कृति सभ्यता को जानने समझाने का प्रयास किया जा रहा है हिमाचल प्रदेश और केरल के लोग भी विभिन्नता में एकता के प्रतीक हैं वीओ केरल के त्रिवेंद्रम से हिमाचल के सोलन में रहने वाले गोकुल का कहना है कि दो अलग अलग कोनों में बसे हिमाचल व केरल राज्यों में विभिन्नताओं के साथ समानताएं भी मौजूद हैं उन्होंने कहा कि केरल में समुद्र जबकि हिमाचल में पहाड़ लोगों को अपनी ओर बरबस आकर्षित करते हैं

उनका कहना है दोनों राज्यों के खान पान व रीति रिवाजों में कई भिन्नताएं हैं मगर हिमाचल के लोग काफी मिलनसार है

लोगों का यही स्वभाव व सोच प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के एक भारत श्रेष्ठ भारत के सपने को साकार करने में अहम भूमिका निभा रहा है

कार्यशाला की अध्यक्षता करते हुए पंचायत समिति अध्यक्षा सुमिता यरप्पा ने महिलाओं का आहवान किया कि वे घरेलू हिंसा से पीड़ित न रहे उन्होंने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए कई कड़े कानून बनाए गए हैं जिनका महिलाओं को फायदा उठाना चाहिए राकेश जम्वाल भाजपा विधायक राकेश जम्वाल ने नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री पर बेतुकी ब्यानबाजी करने का आरोप लगाया है जम्वाल ने आज शिमला में एक ब्यान में कहा कि अग्निहोत्री जब तक सत्ता में थे तब तक उन्हें प्रदेश में चारों ओर खुशहाली नजर आती थी मगर विपक्ष में जाते ही उनका नजरिया बदल गया है उन्होंने यह भी कहा कि मुकेश अग्निहोत्री और विक्रमादित्य सिंह के बीच ब्यान देने को लेकर प्रतिस्पर्धा जैसी चल पड़ी है बिंदल प्रदेश भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने आज सुरला में दो सड़कों और एक स्टेडियम के निर्माण कार्य का शिलान्यास किया बिंदल ने इस मौके पर कहा कि पिछले दो सालों में नाहन विधानसभा क्षेत्र को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कई बड़ी सौगाते दी हैं इन सौगातों से इस क्षेत्र में विकास की गति तेज हुई है पुलिस चम्बा जिला पुलिस ने जिले में सड़क दुर्घटनाओं का ग्राफ कम करने के लिए तेज रफ्तार वाहन चालकों के खिलाफ अभियान छेड़ा है अभियान के तहत ऐसे चालकों के खिलाफ चालान किए जा रहे हैं